आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को घर लौट रहे सभी प्रवासी कामगारों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का आदेश दिया है इसके साथ ही सोलह जून तक सभी प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने का प्रा इंतेजाम करने को कहा है प्रवासी कामगारों की समस्याओं को देखते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुये सुनवाई शुरू की है सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया है इस संबंध में कोर्ट नौ जून को विस्तृत निर्देश जारी करेगा न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बनायी जा रही कार्ययोजना से अवगत कराने का निर्देश भी राज्यों को दिया उधर केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक मई से तीन जून के बीच चार हजार दो सौ सत्तर विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है केंद्र सरकार ने कहा कि नब्बे फीसदी से अधिक इच्छुक प्रवासी कामगार अपने घर पहुंच चुके हैं वहीं बिहार के करीब अठाईस लाख कामगार अपने घर लौट चुके हैं प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी अब बस ऑटोरिक्शा टैक्सी और प्राईवेट वाहन से यात्री यात्रा के लिये बस स्टैंड एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आ जा सकते हैं परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इस दौरान यात्रा करने वाले व्यक्तियों के पास परिचय पत्र और टिकट होना अनिवार्य होगा गौरतलब है कि लॉकडाउन के पांचवें चरण में तीस जून तक रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर रोक है इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों होटलों रेस्तरां शोपिंग मॉल आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है इसका उद्देश्य कोविड उन्नीस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है

वहीं अररिया में एक व्यक्ति की मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या तीस तक पहुंच गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो हजार दो सौ तैंतीस कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में एक सौ तेरह कोरोना मरीज स्वस्थ हुये हैं जिन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल से छुट्टी दे दी और इन्हे होम क्वारेंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या पटना और खगड़िया में है दोनों जिलों में दो सौ पचासी दो सौ पचासी लोग संक्रमित हुये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उनमें से चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासी लोगों के हैं उन्होंने बताया कि बाहर से आये तीन हजार तीन सौ उनहत्तर लोग पॉजिटिव पाये गये हैं दिल्ली से लौटे सात सौ पंचानवे महाराष्ट्र से लौटे सात सौ अठहत्तर और गुजरात से लौटे पांच सौ अड़तीस प्रवासी कामगारों को कोरोना संक्रमित पाया गया है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि पंद्रह जून से सभी जिलों में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुये जांच के कार्यों में तेजी लायी जा रही है श्री पाण्डेय ने कहा कि फिलहाल आरटीपीसीआर सीवी नेट मशीन और ट्रू नेट मशीन से छब्बीस केंद्रों पर जांच हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर दो लाख छत्तीस हजार से अधिक हो गयी है वहीं इस महामारी से अबतक छह हजार छह सौ बयालीस लोगों की मृत्यु हुई है जबकि एक लाख चौदह हजार तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं बिहार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे एक सौ छियासठ भारतीय नागरिक गया एयरपोर्ट पहुंचे ये लोग कोरोना महामारी के कारण फंस गए थे सभी यात्री बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से हैं इन यात्रियों का तापमान जांचने के बाद बोधगया के विभिन्न होटलों में क्वारेंटीन के लिए भेज दिया गया होटलों की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है इस बीच कुवैत से पहले लौटे तीन सौ लोग होटलों में क्वारेंटीन की अवधि पूरी होने के बाद घर भेज दिए गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मार्च दो हजार इक्कीस तक नई केंद्रीय योजनाओं के शुरू करने पर रोक लगा दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर कोई रोक नहीं होगी मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुये यह निर्णय लिया है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है शिक्षा विभाग प्रवासी कामगारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये स्कूलों में उनका नामांकन करवायेगा इसके लिये अठाईस हजार टोला सेवकों की मदद ली जायेगी शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि ऐसे बच्चों की पहचान के लिये प्राथमिक माध्यमिक जनशिक्षा निदेशालय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सभी जिला शिक्षा प्रशासन स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को लगाया जायेगा विभाग ने कहा कि प्रवासी कामगारों के बच्चों का सरकारी स्कूल में नामांकन बिना किसी कागजात के होगा उधर प्रदेश में प्रवासी कामगारों के लिये मनरेगा और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत पांच करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये हैं सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है कोशिकीय और आण्विक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ राकेश मिश्रा ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में इसके परीक्षण के महत्व पर जोर दिया

सहरसा और वैशाली जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में इस सहायता के लिये सरकार का आभार जताया है

इसके लिये पार्टी की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है और दो सौ स्थानों पर टीवी और एलईडी स्क्रीन लगाये जा रहे हैं भाजपा के बिहार प्रभारी और सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्री शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों से अवगत करायेंगे माना जा रहा है कि इसके साथ ही भाजपा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जायेगी चक्रवाती तूफान निसर्ग के प्रभाव के चलते राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक इक्यानवे दशमलव दो मिलीमीटर बारिश छपरा में रिकॉर्ड की गयी पटना में बासठ दशमलव पांच मिलीमीटर दरभंगा में चालीस मिलीमीटर सुपौल में तैंतीस मिलीमीटर और डिहरी में बीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि अरब सागर में उठा तूफान समाप्त हो गया है लेकिन उससे बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुयी है आज भी दक्षिण पश्चिम बिहार को छोड़कर कई स्थानों पर बारिश हो सकती है पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाये रहेंगे बारिश के कारण राजधानी पटना में तापमान में लगभग नौ डिग्री सेल्सियस गिराबट दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होने लगा है इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण कल से मौसम साफ होने की संभावना है इधर राजधानी पटना में तेज बारिश के कारण राजेंद्र नगर कंकड़बाग समेत कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कोरोना के लिये बने नोडल अस्पताल एनएमसीएच के मेडिसिन विभाग में पानी प्रवेश कर गया है पटना साहिब के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना शहर के विधायकों नगर निगम और बुडकों के अधिकारियों के साथ बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये ताकि जलजमाव की स्थिति गंभीर नहीं हो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इक्कीस जून को अपने घर में ही लोगों से योग करने की अपील की है आयुष विभाग के सचिव राजेश कोटचा ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का ब्योरा प्रस्तुत करते हुये यह अपील की उन्होंने कहा कि इक्कीस जून को सुबह सात बजे अपने घर में ही रहकर सोशल मीडिया के जरिये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं एईएस के बेहतर इलाज के लिए केन्द्र की सहायता से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में देश का पहला बाल गहन चिकित्सा यूनिट बन कर तैयार हो गया है सौ बेड वाले इस बाल पीआईसीयू का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बहत्तर करोड़ रूपये की लागत से बाल गहन चिकित्सा यूनिट का निर्माण किया गया है श्री पांडेय ने बताया कि इसके साथ ही साठ बेड वाले इंसेफ्लाइटिस वार्ड का भी उद्घाटन होगा मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही मधुबनी जिले के झंझारपुर में सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे

छापेमारी में नौ सौ से अधिक तैयार और अर्धनिर्मित पिस्तौल राइफल जब्त किये गये हैं इस मामले में संचालक विपिन बिहारी चौधरी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को सुर्खी बनाते हुये लिखा है स्कूल फीस मामले में स्कूलों को राहत नहीं इसी अखबार ने कोरोना को लेकर बढ़ते अंधविश्वास और हो रही पूर्जा अर्चना से जुड़ी घटनाओं पर अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है डर और अंधविश्वास ने कोरोना को बनाया माई दैनिक जागरण ने टीवी चैनलों के माध्मय से स्कूलों की पढ़ाई से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है डेडीकेटेड टीवी चैनल पर होगी बिहार बोर्ड की पढ़ाई दैनिक भास्कर ने देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है एक दिन में सबसे ज्यादा दस हजार छह सौ तिरानवे मरीज तीन सौ चौंतीस मौतें प्रभात खबर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वेबिनार से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है सभी पंचायतों में पेड़ पौधों का कराया जायेगा रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है यूपीएससी की परीक्षा चार अक्टूबर को

आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना